मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में निर्मित किये गये पंचायत भवनों और सामुदायिक शौचालयों का आज वीडिया कांफेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास किया मुख्यमत्री ने कहा कि निर्मित किये गये सामुदायिक शौचालयों की साफ सफाई की जिम्मेदारी महिला स्वयं सेवी समूह में से किसी एक महिला का चयन कर उन्हें दी जायेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सामुदायिक शौचालयों के निर्माण से तमाम बीमारियों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी ग्राम पंचायतों को आप्टिकल फाइबर से जोड़ने की भी घोषणा की उन्होंने कहा कि सभी पंचायत भवन अब ग्राम सचिवालय के रूप में काम करेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर ऑगनबाड़ी केन्द और स्कूल में सौ दिन के अन्दर शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करान के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाई गई है

मुख्यमंत्री के इस कार्यकम को वेबकास्ट के माध्यम से समस्त ग्राम पंचायतों में प्रसारित किया गया

वहीं पीलीभीत और महोबा सहित अन्य जनपदों में सभी ग्राम प्रधानों पंचायत अधिकारियों और सफाई कर्मियों ने इस कार्यकम में भाग लिया

इस कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल और जिलाधिकारी दीपक मीणा सहित पंचायतो राज विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे बाद में मीडिया से बातचीत में सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों एवं पंचायत भवनों के निर्माण से जहां एक ओर पंचायत में आधारभूत संरचना विकसित होगी वहीं दूसरी ओर इससे जिले में रोजगार सूजन को बल मिलेगा उन्होंने कहा कि सामुदायिक शौचालयों के निर्माण से महिला सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा जो हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं श्री जावडकर ने फेसब्रक पर एक लाइव कार्यक्रम में कल कहा कि प्रदूषण की समस्या सभी देशों में है और भारत में प्रदूषण के प्रमुख कारण परिवहन उद्योग कचरा प्रबंधन धूल और पराली का जलना है उन्होंने कहा कि प्रदूषण की समस्या एक दिन में नहीं सुलझाई जा सकती और इसके समाधान के लिए सभी क्षेत्रों का सहयोग आवश्यक है श्री जावडेकर ने कहा कि सरकार ने देश में बीएस सिक्स मानक लागू करन का बडा फैसला किया है जिससे प्रदूषण में कमी आने लगी है

उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल और सीएनजी बसों ने प्रदूषण का स्तर कम करने में योगदान दिया है

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में दो लाख से ज्यादा ई वाहन हैं और ये लोकप्रिय हो रहे हैं तथा वह खुद भी ई वाहन का इस्तेमाल करते हैं श्री जावडेकर ने जोर देकर कहा कि प्रदूषण का स्तर घटाने में लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है उन्होंने कहा कि जब भी संभव हो लोगों को पैदल चलना चाहिए या साईकिल का इस्तेमाल करना चाहिए उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक वृक्ष लगाने को कहा क्योंकि वृक्षों की संख्या बढने से प्रदूषण कम करने में मदद मिलती है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

कोरोना वायरस महामारी के कारण मार्च में लगे लॉकडाउन के बाद प्रदेश के कक्षा नौ से बारहवीं तक के सभी विद्यालय आज से खुल गये हैं सात महीने के बाद खूले स्कूलों में विद्यार्थी मॉस्क और सेनिटाइजर के साथ विद्यालय पहुंचे हालांकि आज विद्यालयों में विद्यार्थियों की सख्या काफी कम रही स्कूल प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश दिया थर्मल स्कैनिंग के बाद सभी विद्यार्थियों को कक्षाओं में दूर दूर बैठाया गया जिन विद्यार्थियों के पास मॉस्क नहीं थे उन्हें स्कूल की तरफ से मॉस्क उपलब्ध कराये गये कुछ विद्यालयों में अभिभावकों की तरफ से सहमति पत्र न लाने पर विद्यार्थियों को वापस कर दिया गया

किसी भी विद्यार्थी को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा स्कूल खुलने से पहले और प्रत्येक पॉली के बाद कक्षाओं को विसंकमित करना जरूरी होगा

मूख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे

उन्होंने निर्देश दिये कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सभी कोविड अस्पतालों से नियमित संवाद बनाते हुए रिकवरी दर को बेहतर करे

उन्होंने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को पूरी सक्रियता से संचालित करने के भी निर्देश दिये

उन्होंने विधायक से बलिया गोलीकांड की जांच से दूर रहने को कहा है भाजपा विधायक सुरेन्द्र सिंह ने बलिया में हुए गोलीकांड के सन्दर्भ में आरोपी के पक्ष में वक्तव्य दिया था जिसके बाद श्री नड्डा ने यह चेतावनी जारी की है इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी विधायक सुरेन्द्र सिंह से कहा है कि वे बलिया गोलीकांड में किसी भी प्रकार की टिप्पणी न करें डिस्पैच प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता हीरो बाजपेई ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सभी विधायकों से मुलाकात करने के बाद कल उन्होंने कहा कि अपनी बात पार्टी फोरम पर ही रखें और किसी विषय पर अनावश्यक टिप्पणी न रखें पार्टी में मीडिया का वर्ग है और प्रवक्ता ही पार्टी के मामलों जिम्मेदार हैं ध्यान देने के लिए अनरगन बयान बाजी किसी को नहीं करनी चाहिए ये बात सभी को बताई गई है सभी को कहा गया है कि ये बात कोई भी नहीं करेगा सब पार्टी और प्रवक्ता अगर आपकी कोई बात है तो प्रदेश अध्यक्ष को बताया है

बाद में उत्तरप्रदेश विशेष पुलिस बल एसटीएफ ने प्रमुख अभियुक्त धीरेन्द्र प्रताप सिंह को लखनऊ में उसके दो सहयोगियों के साथ इस मामले में गिरफ्तार कर लिया था